राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर आयोजित ऑनलाईन सम्मान समारोह में झारखण्ड के तीन शिक्षकों को राश्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया भ्रश्टाचार निवारण ब्यूरो ने रांची में एनटीपीसी के अधिकारी को तीन लाख रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया पश्चिमी सिंहमूम जिले के नोआमुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से एक सौ तीस किलो गांजा जब्त किया राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार पांच सौ सैंतीस कोरोना पॉजिटिव मामले आने को साथ संक्रमितों की कुल संख्या अड़तालीस हजार उनचालीस हो गई है इनमें बत्तीस हजार तैंतालीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि पंद्रह हजार पांच सौ उनचास सक्रिय मामले हैं इसके अलावा चार सौ सैंतालीस लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर छियासठ दशमलव सात प्रतिशत है वहीं इस वजह से हुई मौत का प्रतिशत शून्य दशमलव नौ तीन प्रतिशत है अबतक दस लाख सैंतालीस हजार चार सौ सत्रह नमूनों की जांच हो चुकी है इनमें नौ लाख निन्यान्वे हजार तीन सौ अठहत्तर की निगेटिव रिपोर्ट आई है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रामगढ़ प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासान की ओर से आज जांच शिविर का आयोजन किया गया विशेष कोरोना कैंप लगाकर बड़े स्तर पर लोगों का सैंपल इक्कटठा करने का काम किया जा रहा है जिले के अलग अलग प्रखण्डों में आयोजित विशेष कोरोना जांच में कुल तेरह सौ सत्रह लोगों के सैंपल लिए गए हैं जिसमें गोला प्रखंड से चार सौ चालीस मांडू प्रखण्ड से एक सौ छह पतरातू प्रखण्ड से दो सौ दस रामगढ़ प्रखण्ड से दो सौ तैंतीस चितरपुर से अस्सी दुलमी से बारह और सीसीएल अस्पताल नयासराय से दो सौ छत्तीस सेंपल शामिल हैं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

मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत फेडरेशन बनाकर लोग पशुपालने का कार्य करेंगे लोगों को आर्थिक रूप से मजबृती देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है राज्य में अधिक से अधिक रोजगार का सुजन कैसे हो इस पर सरकार निरंतर गहन चिंतन कर रही है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर यीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया राष्ट्रपति ने कहा है कि शिक्षक वास्ताविक राष्ट्र निर्माता है और ये हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि ये देश के प्रबुद्ध नागरिक बन सकें उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण और ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्माते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्य्वसाय में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोगों का चयन करने का प्रयास करना होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर आज वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देशभर के सैंतालीस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया इनमें झारखंड के तीन शिक्षक शामिल है पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों में बोकारो के चास की शिक्षिका निरुपमा कुमारी सिमडेगा के बानो मध्य विद्यालय के शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारापोर स्कूल की शिक्षिका इशिता डे शामिल हैं सभी शिक्षकों ने अपने जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर ये प्रस्कार ग्रहण किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम यैंकेय्या नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाए दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति ने अपने गुरु और शिक्षकों को नमन किया उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाने में शिक्षकों का अहम योगदान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते कहा कि शिक्षकों के लिए पांच टी का पालन करना चाहिए इनमें ट्रांसफोर्म टैलेंट टेम्प्रामेंट ट्रेजर और ट्रेनिंग शामिल है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमें ज्ञान की नई महाशक्ति बनाएगी इससे पहले उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षकों के समर्पण साहस और उनकी निस्वार्थ सेवा को नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका क्रेतज्ञ है उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम विशेष प्रयासों के लिए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं इधर आज से पच्चीस सितंबर तक पूरे देश में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहे शिक्षक पर्व के तहत कई कार्यक्रम होंगे शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित ऑनलाईन सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद ने बोकारो के रामरूद्र प्लस द विद्यालय की शिक्षिका डॉ निरूपमा कमारी को सम्मानित किया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के बाद डॉ निरूपमा काफी उत्साहित नजर आयी

राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कृत शिक्षकों में से सिमडेगा के स्मिथ क्मार सोनी और जमशेदपुर की इशिता डे हैं सिमडेगा के राजकीयकृत मंध्य विद्यालय बानो के प्रभारी शिक्षक स्मिथ कृमार सोनी को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया स्मिथ कुमार सोनी नआइसी रांची में कार्यक्रम से जुड़े हैं झारखंड की राजधानी रांची में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने राष्ट्रपति की ओर से सोनी को सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया जमशेदपुर के तारापोर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इशिता डे को पूर्वी सिंहमूम के डीडीसी परमेश्वर भगत ने राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी ने कहा कि शिक्षिको को अपना कर्तव्य समझना होगा तथा अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी हजारीबाग के उपायुक्त ने फर्जी बीएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा दे रहे दो शिक्षकों को जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर सेवा मुक्त करने का निर्देश दिया है उपायुक्त आदित्य कमार आनंद की अध्यक्षता में आज माध्यमिक विद्यालय के लिए जिला स्थापना समिति की बैठक की गई बैठक में स्नातक प्रशिक्षित छह शिक्षकों ने स्वेच्छा से अपने निजी कारणों से पद का त्याग किया

बैठक में उप विकास आयक्त अभय कमार सिन्हा अपर समाहर्ता प्रदीप तिग्गा जिला शिक्षा पदाधिकारी लुदी कुमारी और जिला कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे एनटीपीसी के सेफ्टी मैनेजर सागर मीणा को भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के अधिकारियों ने तीन लाख रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के अधिकारियों ने रांची के एक बड़े होटल से सागर मीणा की गिरफ्तारी की है कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट सहित सामग्रियों की आपुर्ति करने वालों से तीन लाख रूपये चेक के जरिये रिश्वत की मांग की गई थी कोलकाता के एक संवेदक ने पीपी किट सेनेटाइजर गलब्स सहित अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की थी आपूर्ति की गयी सामग्रियों की कीमत सत्तर लाख रूपये है इस राशि के भुगतान के लिए सेफ्टी मैनेंजर ने दस प्रतिशत की दर से सात लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी आपूर्तिकर्ता ने इस बात की शिकायत एसीबी से की थी एसीबी ने पूरी योजना के साथ होटल में ही सेफ्टी मैनेजर को चेक लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया पश्चिमी सिंहमूम जिले के नोआमुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से एक सौ तीस किलो गांजा जब्त किया है नोआमुंडी के पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि संदेहास्पद स्थिति में एक वाहन को पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की लेकिन वह चकमा देकर भागने का प्रयास किया लेकिन रेलवे फाटक बंद होने की वजह से पुलिस ने वाहन को पकड़कर जब्त कर लिया इस संबंध में जांच की कार्रवाई चल रही है